इसके साथ ही सभा रैली जुलूस और रोड शो पर प्रतिबंध लग जायेगा इसके बाद उम्मीदवार केवल घर घर जनसंपर्क ही कर सकेंगे उधर निर्वाचन विभाग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि चुनावी शोर थमने के बाद राजनैतिक दल और उम्मीदवार सिनेमा द्रदर्शन अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे वहीं संगीत समारोह नाट्य अभिनय या अन्य कोई मनोरंजन कायक्रम के जरिये भी च्नाव प्रचार पर रोक रहेगी

इसके तहत आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाली जिले के सुमेरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मारवाड भूमि के शूरवीरों को नमन किया

श्री मोदी का पाली में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम जारी है इसके बाद प्रधानमंत्री दौसा के नांगल राजावतान में भी जनसभा करेंगे

आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि भाजपा ने इन चुनावों में राजस्थान का विकास राजस्थान का भविष्य और गरीब कल्याण के मुददों को लेकर प्रचार किया है अमित शाह ने भरोसा जताया है कि राजस्थान में फिर से भाजपा की सरकार आयेगी

इसके अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह का नोहर बुहाना और झुंझुनू में स्मृति ईरानी का विराटनगर बानसूर और जयपुर में तथा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कल्याणपुर खेरवाडा आनंदपुरी बागीदोरा सांगोद और झालावाड में रोड शो का कार्यकम है उधर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट टोंक और सवाईमाधोपुर में चुनाव प्रचार कर रहे है वहीं अशोक गहलोत का भी जैतारण और जोधपुर में राजबब्बर का धौलपुर राजाखेडा और किशनगढ में तथा कुमारी शैलजा का किशनगढबास और लालसोट में चुनावी सभाए करने का कार्यक्रम है

यह उपग्रह देशभर में ब्रॉडबैंड सेवाए उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नई पीढ़ी की तकनीकों के प्रयोग का मंच बनेगा